मास्क लगायें दो गज की सुरक्षित दूरी बनाये रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें

इस चक्रवात का व्यापक असर राजस्थान में भी देखने को मिलेगा

इस चक्रवाती तूफान के कमजोर होकर रात में राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों से प्रवेश करने की संभावना है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोने कहा कि चकवात के मध्येनजर सभी तैयारियां की जा रही है उन्होंने सभी र्स सतर्क रहने की अपील की मुख्यमंत्री ने बताया कि आपदा प्रबंधन की टीमों को तूफान से संभावित असर वाले क्षेत्रों में तैनात किया गया है और हालात पर नजर रखने के निर्देश दिये हैं

हमारे जालौर संवाददाता ने बताया कि जिला कलेक्टर र्न गुजरात से सटे चित्तलवाना और सांचौर के लिए विशेष सावधानी के निर्देश दिये हैं वहां आज सुबह से सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही है सिरोही बांसवाड़ा में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है चकवात के असर से प्रदेश में आज पूर्वी हिस्सों में ज्यादातर जगह बादल छाये रहे और तापमान में गिरावट हुई है

राज्य में कोरोना पॉजिविटी दर में भी गिरावट आई है साथ ही सकिय मामले भी घटे हैं संकमण से सबसे ज्यादा प्रभावित जयपुर उदयपुर जोधपुर कोटा अलवर और भरतपुर में भी संक्रमितों की संख्या कम हो रही है

राज्य में आज विभिन्न मंत्रियों ने अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा कर कोरोना संक्रमण की स्थिति का जायजा लिया सवाईमाधोपुर जिले के प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने जिले में कोरोना संकमण के प्रसार को रोकने मरीजों को समुचित उपचार दिलाने के लिए सरकार की ओर से की गयी व्यवस्थाओं की समीक्षा की श्री मीणा ने बूंदी पहुंचकर जिले की चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा की प्रबंधन की सराहना की प्रभारी मंत्री ने बूंदी जिले में अभिनव ऑक्सीजन कोसंट्रेटर बैंक की भी शुरूआत की महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने आज दौसा जिले के भांडारेज में डे केयर सेंटर का शुभारंभ किया इससे भांडारेज और आसपास के इलाकों के कोविड मरीजों को यहां उपचार उपलब्ध हो सकेगा विधायक राजेन्द्र गुढ़ा ने झुंझुनू के उदयपुरवाटी के कोविड केयर तथा आइसोलेशन सेंटर तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने चिकित्सकों से कहा कि चिकित्सा संसाधनों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए वहीं सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कोरोना संक्रमित गांव मंगलूना का दौरा कर वस्तुस्थिति का जायजा लिया उन्होंने कोरोना से हताहत हुए लोगों के परिजनों से बात भी की

चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने बताया कि सरकारी और निजी अस्पतालों को कोविड़ के दौरान सीमित मात्रा में स्टेरॉइड देने केे निर्देश दिये गये हैं वहीं विभाग ने ब्लैक फंगस का इलाज करने के लिये सभी बड़े अस्पतालों में मेडिसिन ईएनटी तथा न्यूरोलॉजी विशेषज्ञों की टीम गठित की हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ब्लैक फंगस के मामलों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के समूह द्वारा विशेष अध्ययन कराने के निर्देश दिये ब्लैक फंगस के मामले बड़ी संख्या में सामने आने के बाद जयपुर के सवाईमानसिंह अस्पताल में विशेष ओपीडी और वार्ड शुरू किया गया है एमएमएस मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉ रमन शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि स्टेरॉयड के अधिक प्रयोग से कोविड रोगियों की रोगप्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है जिसके कारण ब्लैक फंगस के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है डॉ शर्मा ने बताया कि ब्लैक फंगस के लक्षण दिखने पर तुरन्त विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए

सर्वाधिक शिकायतें एमआरपी से अधिक राशि वसूलने बैंकिंग सेवाओं और पीडीएस से संबंधित थीं उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि व्यापारियों की और से रोजमर्रा काम में आने वाले खाद्य पदार्थों और वस्तुओं जैसे चना दाल सरसों तेल साब्न अमूल दूध को निर्धारित एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा था जिस पर विभाग की टीम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई कर पेनल्टी लगाई गई